मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश भाजपा आईटी सैल के सदस्यों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय सोशल मीडिया अधिक प्रभावी हुआ है और आसानी से उपलब्ध हो रहा है जयराम ठाकुर ने झूठे प्रसार और अभियानों से निपटने के लिए सोशल मीडिया में त्वरित कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया उन्होंने सोशल मीडिया पर विपक्ष के झूठे प्रचार प्रसार का खंडन किया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर आज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व लोकार्पण करेंगे हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मददेनजर राज्य सरकार को केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं न्यायालय ने सरकार को बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का कोरोना टैस्ट अनिवार्य बनाने पर विचार करने को कहा है न्यायालय ने वरिष्ठ चिकित्सकों को नियमित तौर पर कोविड वार्डों का दौरा करने कोरोनो की टैस्टिंग के लिए निजी प्रयोगशालाओं को शामिल करने और कोविड सेवाओं में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को अतिरिक्त वितीय लाभ प्रदान के भी निर्देश दिए हैं शहरी विकास मंत्री शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय व राज्य की योजनाओं की कल शिमला में समीक्षा की सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अटल श्रेष्ठ शहर योजना स्थानीय निकायों के लिए एक प्रतिस्पर्धा का माध्यम है जिसमे शहरी स्थानीय निकाय बेहतर कार्य करने पर पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने अधिकारियों को शिमला व क्ल्लू शहरों में अमृत योजना के तहत चल रहे सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी ने हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है हिमाचल में बाहरी लोगों को टैस्ट के बाद प्रवेश देने पर विचार करे सरकार दिव्य हिमाचल लिखता है कोविड टैस्ट के बाद ही मिले हिमाचल में एंट्री दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का लगभग एक जैसा शीर्षक है हिमाचल आने वाले लोगों का कोरोना टैस्ट हो अनिवार्य

अजीत समाचार ने लिखा है आउटसोर्स के आधार पर तैनात कर्मियों को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश आपका फैसला के मुताबिक कोविड सेवाओं में तैनात आउटसोर्स कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता दे सरकार अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शीर्षक दिया है हिमाचल सरकार बताए कोविड मरीजों के इलाज की क्या हैं सुविधाएं इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल की तीन दवा निर्माता कंपनियों समेत चार पर केस दर्ज

जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले आयोग स्टडी करेगा अन्य राज्यों का चुनावी पैटर्न अमर उजाला की एक खबर है इस बार दिसम्बर में रोहतांग नहीं जा सकेंगे सैलानी प्री प्राइमरी टीचर्स का अलग बनेगा कैडर शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है एनटीटी डीएलएड और ईसीसीई कोर्स वाले भर्ती नियमों में पात्र होंगे